कार्यसुची के मुताबिक इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य दिवस के अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक राकेश सिंघा बलवीर सिंह और जगत सिंह नेगी द्वारा पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला में कल स्वतंत्रता आंदोलन व राष्ट्रीय राजनीतिक विचार विषय पर ऑनलाईन विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हए कहा कि देश के नागरिकों को उन महान आदर्शों का पालन करना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बने राज्यपाल ने कहा कि अगर भारतीय नागरिक इन आदर्शों के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध होंगे तो अलगाववादी प्रवृतियां कहीं भी जन्म नहीं ले सकती हैं

मंदिर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल व शक्तिपीठ आज से खोल दिए गए हैं इसे लेकर सरकार व भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से मानक संचालन प्रकिया जारी की गई है इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों में जिला उपायुक्तों ने धार्मिक स्थल खोलने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी के सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आहवान किया है ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके वे कल शिमला में भाजपा के सभी मोर्चो के अध्यक्षों महामंत्रियों और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में सभी मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग व सम्मेलन जिला व मण्डल स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के मॉनसून सत्र और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल विधानसभा में गूंजा कंगना की सुरक्षा का मुददा

दैनिक भास्कर के शब्द हैं कोरोना पॉजीटिव महिला की बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद मौत

धार्मिक स्थल खोले जाने से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है देवभूमि की शक्तिपीठों और मंदिरों में आज से गूंजेंगे जयकारे दैनिक भास्कर के शब्द हैं कोरोना से बचाव के नियमों के साथ आज से खुलेंगे मंदिर